आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों ने पारम्परिक तरीकों से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी कुछ अभिनव प्रयोगों को लोगों के सामने पेश किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आह्वान किया था उसका व्यापक स्वागत हुआ है

उन्होंने उम्मीद जताई कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए समग्र व अनुकूल नीति तैयार करने की ज़रूरत पर बल दिया है उत्तराखण्ड के मसूरी में आज एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस नीति से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य रूकावटों के बावजूद हिमालयी राज्य अन्य राज्यों के समान उन्नति कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग और केन्द्र सरकार से राजस्व घाटे वाले राज्यों को पर्याप्त अनुदान देने का आग्रह किया ताकि पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ हो गया है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मेले का विधिवत् शुभारम्भ किया इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और मिर्जा परिवार के सदस्यों ने भगवान लक्ष्मीनारायण और भगवान रघुवीर को हाथ से बनी मिंजर चढ़ाने की रस्म निभाई विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मिंजर मेला अपने आप में ऐसा उत्सव है जो देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है शिमला भाजपा शिमला भाजपा मण्डल ने शहर के अन्नाडेल में आज सदस्यता अभियान व संगठन पर्व का आयोजन किया इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जिस तरह सकारात्मक कार्य कर रही है वह देश के लिए ऐतिहासिक व गर्व की बात है भारद्वाज ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने हर वर्ग के लिए नीतियां तय की हैं जिससे समान विकास हो रहा है

स्वागत विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इलेक्ट्रिक वाहनों में जीएसटी की दरें घटाने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा ये कदम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है

प्रशासन द्वारा शवों को लाने की व्यवस्था की जा रही है शूटिंग रेंज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार सोलन ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रृटिंग रेंज स्थापित करने के प्रयास कर रही है दून विधानसभा क्षेत्र के कुठाड़ में आज शूटिंग प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि राज्य राइफल संघ के सहयोग से इसके लिए उपयुक्त स्थान चयन की प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज के बनने से युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के करीब दो सौ निशानेबाजों ने भाग लिया सर्टिफिकेट उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाओं बेहतरीन प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य मानकों में श्रेष्ठ पाए जाने पर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्स सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है अस्पताल प्रबंधन को ये सर्टिफिकेट दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के समारोह में दिया जाएगा कुल्लू अस्पताल ये सम्मान पाने वाला प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान होगा गैस कनेक्शन हमीरपुर के भोरंज में गृहिणी सुविधा योजना के तहत विधायक कमलेश कुमारी ने आज रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए